उन्होंने इन जनपदों में आवागमन पर पूरी सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के समी जिलों में दस दिक्तीय सघन सर्विलांस अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं आज से शुरू हए इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की सेहत की जांच कर रही हैं मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण की श्रंखला को तोडने में कोविड हेल्य डेस्क को काफी कारगर बताया उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कोविड हेत्य डेस्क की स्थापना को प्राथमिकता देते हुए इनका सुचारू ढंग से संचालन सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों की सेवाओं की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन किए जाए मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को भी कोविड अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति किसी अन्य बीमारी से ग्रसित न हो मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय किए जाने के भी निर्देश दिए हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में पांच और महीने तक देश के अस्सी करोड लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लामार्थी परिवार को एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना के दसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी उन्होंने प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्दता को दोहराते हए कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भुखा नहीं रहे आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में कोविड नाइन्टीन के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रमाणिक स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताए और गलतफहमियां पैदा कर दी है उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रामाणिक सुचना के स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए

क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉरनेशन नहीं है कि यह कैसे फैलता है ऑटोमेटिकली उस परसन के अगेन्ट उस बीमारी के अगेन्ट स्टिग्मा जेनरेट हो जाता है तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्फेशन मिले हम चीजों को सही मायने में समझें अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजेटिव होते हैं हमें समझ में आता है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है तो बिफ्किमिनेशन क्यों किया जाये अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट हॉगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको यह बीमारी हुई है एक कम्पेशन काइंडनेस जेनरेट होगी और स्टिग्मा रिक्व्रस होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्ट्डियो में हमारे टोल फ्री नम्बर है एक आठ शन्य शन्य एक एक पांच सात छः सात पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पृछ सकते हैं श्रोता शुन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार पर भी सवाल पूछ सकते हैं यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफ एम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आइ आर डॉट काम और हमारे युट्युब न्यूज ऑन ए आइ आर आफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आइ आर से भी अपडेट लिये जा सकते हैं जेइइ और नीट परीक्षाओं के आयोजन के बारे में सुझाव देने के लिए केन्द्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक इस समिति में शामिल हैं और इस समिति से कल तक रिपोर्ट देने को कहा गया है कोविड महामारी को देखते हए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग उठती रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बिजली गिरने की घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यू हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया हमारे लखनउ संवाददाता ने राहत आयक्त के हवाले से खबर दी है कि प्रयागराज अयोध्या मऊ बलिया और बस्ती जिलों में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार चार लाख रूपये की अनग्रह राशि देने की घोषणा की है